प्रदेश में अभी तक आईजीएमसी शिमला में ही कैंसर के उपचार की सुविधा उपलब्ध है जयराम ठाक्र ने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में वर्च्यअल क्लास रूम सुविधा का लोकार्पण किया इस दौरान उन्होंने वर्चुल क्लास रूम के माध्यम से कोटली धर्मपुर सहित विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों के साथ संवाद किया

उन्होंने लेदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और झमाड़ की बाग में फायर स्टेशन भवन का उद्घाटन भी किया किसान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बीज व खाद इत्यादि खरीदने में राहत मिल रही है इस योजना के तहत अब किसान पहले से अधिक बीज व कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुओं को खरीद रहे हैं

किसानों का कहना है कि अब उन्हें निम्न ग्णवत्ता के बीज व उर्वरक नहीं खरीदने पड़ते और वे अच्छे बीजों का उपयोग कर अधिक आमदनी कमा रहे हैं सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि जल की एक एक ब्रंद का सद्पयोग कर ही भविष्य के लिए जल प्रबंधन सुनिश्चित बनाया जा सकता है ये बात उन्होंने आज सोलन के जटोली मंदिर में पेयजल भंडारण टैंक के भूमि पूजन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही

कलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिक्षा नौकरी और तबादलों के फर्जीवाड़ों पर चिंता जताई है आज शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे मामले सामने आने से प्रदेश की स्वच्छ छवि पर दाग लग रहा है राठौर ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कर विश्वविद्यालय की मान्यता रदद की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन कभी नौकरी देने के बहाने तो कभी स्थानांतरण करवाने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है राठौर ने प्रदेश सरकार से ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है सरवीन प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन स्ट्डेंट डिजिटल योजना के तहत निशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं

सरवीन चौधरी ने बाद में लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज कांगड़ा जिला में जस्वा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के द्गर्म क्षेत्र स्वाना का दौरा किया उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हर सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है

उद्योग मंत्री ने कहा कि चंबी से स्वाना सड़क का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा इस दौरान उन्होंने लोगों की अधिकांश शिकायते सुनकर उनका मौके पर ही निपटारा कर शेष के समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा

पहली उड़ान भुंतर तिगरेट भुंतर दूसरी भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच भरी जाएंगी दोनों उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी मांग लाहौल स्पिति ज़िला प्राथमिक शिक्षक संघ ने ज़िले के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्थान पर शीतकालीन अवकाश देने की मांग की है